प्रदेश में उपच्यनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरूआत मुख्यमंत्री ने सांची क्षेत्र में चुनावी सभा ली

प्रधानमंत्री संवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज और कल तीन बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे

जो अब राजस्थान के बाद देश में सर्वाधिक है

कार्यालयों में अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति भी बनी रहेगी

मुख्यमंत्री ऑक्सीमीटर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संकमण की रोकथाम में प्रदेश की जनता को पूरी तरह से भागीदार बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि जनता की मदद से महामारी को खतम किया जा सकता है श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार मोहल्लों और कॉलोनी के स्तर पर ऑक्सीमीटर देने पर विचार कर रही है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्यों ने इस बारे में पहले ही अस्पताल में भर्ती रोगियों को आपात और गहन चिकित्सा के बारे में उचित दरें तय करने के लिए निजी क्षेत्र से समझौता किया है

उपच्नाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले के सांची विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान की शुरूआत की

श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों ने विधायकों की उपेक्षा की जिससे वे भाजपा में शामिल हो गये उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर गलत बयान देने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी रायसेन जिले के कुशियारी पहॅचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की श्री सिंह ने कहा कि भाजपा बदले की राजनीति के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है साथ ही उन्होंने विवादित वीडियों को लेकर कहा कि ये जांच का विषय है कि ये वीडियों किसने एडिट किया है परीक्षा प्रदेश में हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है लॉकडाउन के दौरान जो पेपर नहीं हो पाये थे वे दूसरे चरण में अब कराये जा रहे हैं इसके लिए परीक्षा केन्द्रों पर संकमण की रोकथाम के लिए सभी तरह के ऐहतियाती उपाय किये गये है परीक्षा केन्द्रों पर मास्क के साथ ही सेनेटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई है

इन्दौर होशंगाबाद जबलपुर शहडोल उज्जैन संभागों में कल वर्षा हुई वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है मौसम विभाग के अनुसार आज और कल में पूर्वी मध्यप्रदेश के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है

खुदरा खरीद वाले व्यापारियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा

यह सूची आमजनों के निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी